सीएम एकसाल पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा तैयार किये गये विजन ट डिलेवरी रोडमैप से राज्य में निवेश रोजगार स्वास्थ्य और पर्यटन को बढावा मिलेगा

पूर्व प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म और बढ़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर रोजगार उत्पन्न करने के लिये मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिये न सिर्फ स्पष्ट दृष्टिपत्र बनाया गया है बल्कि इसको लागू करने के लिये एक रोडमैप भी तैयार किया गया है उन्होंने कहा इस दृष्टिपत्र में आम नागरिकों किसानों के कल्याण असंगठित क्षेत्र को गति देने अधोसंरचना का विकास करने जैसे विषयों को केन्द्रीत किया गया है

उन्होंने इस दौरान कर्ज माफी पिछड़े वर्गों को आरक्षण रेत खनन नीति और नियमों को सरल बनाने जैसे तमाम कामों का उल्लेख किया भाजपा आरोप उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने प्रदेश सरकार के एक साल पूरे होने पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह साल जन कल्याण और विकास कार्यो की दृष्टि से शून्य रहा है उन्होंने कहा कि बीते एक साल में सरकार ने प्रदेश के किसानों को धोखा दिया है युवाओं को छला है और तबादलों का उद्योग खोला है श्री सिंह ने कहा कि सरकार के पास बताने के लिये भी उपलब्धि नहीं है भाजपा ज्ञापन नागरिकता संशोधन कानून को प्रदेश में लागू किए जाने की मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेशभर में प्रदर्शन किया प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक वरिष्ठ नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा पार्टी ने इस कानून को लागू करने की मांग को लेकर आज सभी जिला मुख्यालयों पर कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया

शिवपुरी आगरमालवा खंडवा सिवनी सहित अन्य जिलों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को ऐसी प्रयोगशाला बनना चाहिए जहां छात्रों को उन समस्याओं का ज्ञान मिल सके जो राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी हैं आज राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य उत्कृष्ट वैश्विक मानकों को प्राप्त करने के लिए निरन्तर आगे बढने और सुधार करने के लिए होना चाहिए श्री कोविंद ने कहा कि छात्रों को कक्षाओं और प्रयोगशालाओं से आगे भी कृछ करने विशेषकर राष्ट्रीय सेवा योजना या अन्य क्लबों के माध्यम से समाज सेवा के अभियानों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को रोजगार चाहने वाले के स्थान पर रोजगार देने वाला बनना चाहिए

उमरिया जिले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्यकर्मियों ने आज सुबह से ही पांच वर्ष तक के बच्चों को विटामीन ए की खुराक पिलाई

मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डीएस चौहान ने बताया कि यह खुराक से बच्चों की रोग प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि होती है शरीर का संकमण और बीमारी से बचाव होता है प्रदेश के अन्य जिलों में भी दस्तक अभियान के बारे में खबर मिली है

हालांकि तानसेन समारोह का औपचारिक उदघाटन अब से कुछ देर बाद शुरू हो रहा है पांच दिवसीय राष्ट्रीय समारोह हर साल भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित गायकों में से एक तानसेन की याद में आयोजित किया जाता है

संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित तानसेन सम्मान में पंडित रविशंकर की जन्म शताब्दी पर आधारित चित्र प्रदर्शनी प्रणति आयोजित की जाएगी

उसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिये स्थगित कर दी गई सदन में आज चुनाव अपराधों से संबंधित मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण अध्यादेश के साथ नगरपालिका विधि संशोधन अध्यादेश प्रस्तुत होना था वहीं चिकित्सा जल संसाधन उच्च शिक्षा विभाग संबंधित संशोधन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से संबंधित विषय भी सदन के पटल पर रखा जाना था जो आज सदन में प्रस्तुत नहीं हो सका साथ ही ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर भी सदन में चर्चा नहीं हो सकी

यह उनकी तीसरी बजट पूर्व परामर्श बैठक थी इस दौरान निजी निवेश को प्रभावित करने वाला विनियामक वातावरण बढ़ती सरंक्षणवादी प्रवृत्तियों के बीच निर्यात को बढ़ावा देने के उपाय औद्योगिक उत्पादिन लॉजिस्टिक और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के बीच निर्यात बढ़ाने के बारे में मुख्य रूप से चर्चा हुई

मौसम प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

नरसिंहपुर बैतूल भोपाल राजगढ धार सहित अनेक जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई

उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है

उन्होंने संग्रहालय की व्यवस्थाओं की सराहना की

इस अवसर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में फिल्म सिटी बनाई जायेगी